विधानसभा चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों का समय निर्धारित किया गया राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों में आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी ऑनलाईन भेजने के निर्देश दिये

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दो दिन के इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे श्री नायडू कल रात बेल्जियम पहुंचे उपराष्ट्रपति नायडू उद्घाटन समारोह के अलावा सम्मेलन के पूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे और विभिन्न पक्षों से बातचीत करेंगे वे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदार सम्मेलन के एजेंडे में संपर्क व्यापार और निवेश सतत विकास जलवायु परिवर्तन आतंकवाद प्रवासन समुद्री सुरक्षा और साइबर स्पेस से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं

प्रसारण का समय एवं दिनांक निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसार भारतीय कार्पोरेशन के साथ चर्चा कर निर्धारित किया जायेगा उपरोक्त राजनैतिक दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियों के स्टूडियों में रिकार्डिंग के लिये अलग से अनुमति प्राप्त करना होगी

कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन धार्मिक आयोजन शादी विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं करेगा

कांग्रेस ने भाजपा पर सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं के काम करने और सेवा का द्रूपयोग करने का आरोप लगाया है कांग्रेस प्रवक्ता जेपीधनोपिया ने आरोप लगाया है कि सीएम हेल्पलाइन सेवा के जरिए मतदाताओं को प्रलोभन दिये जा रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और प्रतिनिधि मतदाताओं से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत या मांग दर्ज कराकर अनुचित लाभ दिलवा रहे हैं

पिंक मतदान केन्द्र विधानसभा चुनाव के दौरान राजगढ़ जिले में पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र के पांच पांच पोलिंग बूथ पर चुनाव सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी जायेंगी इन मतदान केन्द्रो को पिंक बूथ का नाम दिया गया है राजगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन विशेष केन्द्रों पर मतदान प्रकिया से लेकर सुरक्षाकर्मियों तक महिलाओं की जिम्मेदारी रहेगी हालांकि मतदान के सदस्यों को कोई असुविधा न हो इसके लिए अधिकांश केन्द्र शहरी क्षेत्र में चिन्हित किये गये हैं तांकि आवश्यकता पड़ने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँच सकें

कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों ने बाधा पहुंचाने के लिये दल पर पथराव कर दिया जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गये प्रलिस ने पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला पंजीबद्ध किया है पिछले दिनों राजगढ़ के सारंगपुर पचोर ईट भटटों पर भी कार्यवाही की गई थी नवरात्रि देश के विभिन्न भागों में आज महानवमी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है यह नवरात्र का आखिरी दिन है राजधानी भोपाल में सुबह से ही लोग देवी मंदिरों में विशेष प्जा अर्चना के लिये पहुंच रहे है दुर्गा पंडालों में भंडारे और कन्या भोज के आयोजन हो रहे है महानवमी के बाद कल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जायेगा इस अवसर पर रावण कुंभकरन और मेघनाथ के पुतले दहन किये जाते हैं भोपाल में भी दशहरे की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है शहर के छोला मैदान टीटीनगर दशहरा मैदान संत हिरदाराम नगर कोलार भेल बाग मुगलिया समेत कई स्थानों पर कल रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे मौसम प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हआ है दिन में जहां तीखी ध्रप निकल रही है वहीं रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

चंबल संभाग के जिलों में सामान्य से कम वहीं शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश का मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है

इस दौरान कलेक्टर ने बंदियों से बात कर उनको दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली